प्रधानमंत्री पहले माले में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे वे आज मालदीव की संसद को भी संबोधित करेंगे यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतो पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह आज ही तटवर्ती रडार सिस्टम लॉच करेंगे इसके साथ ही दोनो नेता मालदीव की सेना के लिये नवगठित प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना का भी शुभारम्भ करेंगे ये दोनो परियोजनाएं भारत के आर्थिक सहयोग और विशेषज्ञता से पूरी की गई है प्रधानमंत्री कल श्रीलंका की राजधानी कोलंबों पहुंचेंगे

पोर्टल के अनुसार पिछले कई वर्षो से वित्त मंत्रालय बजट के बारे में नागरिकों से सुझाव मांग रहा है बजट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये समाज के सभी वर्गो के नागरिकों के सुझावों का स्वागत किया गया है

इस मुलाकात में प्रहलाद जोशी को साथ केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे यह बैठक विपक्ष के साथ संपर्क साधने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा थी इससे पहले जोशी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और डीएमके नेता टीआर बालू से भी मुलाकात की

उन्होंने बताया कि पैट्रॉल में इथेनॉल मिलाने का दोहरा फायदा है इससे पैट्रॉल की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही वाहन के इंजन की क्षमता बढ़ेगी साथ ही प्रदूषण कम होने से पर्यावरण को भी इससे कम नुकसान होगा

गन्ने से उत्पादित इथेनॉल के पैट्रॉल में मिलाने से आयात पर होने वाला व्यय कम होगा जिससे निवेश पर भी असर पड़ेगा

पहले यह अवधि केवल एक दिन थी आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को एक निर्धारित समयसीमा के तहत स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन तथा उसके समाधान के लिए पूरी छूट दी जाएगी

उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब हमें निर्यातको के लिए सब्सिडी से दूर हटते हए सस्ते ऋण की सरल उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिये

परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है

आठवी बोर्ड परीक्षा में भी ज्यादातर जिलों में बालिकाओं ने ही बाजी मारी है

पुलिस मुख्यालय के उप महानिरीक्षक श्री जोस मोहन से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर थानागाजी पुलिस स्टेशन के एसएचओ सरदार सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों के विरूद्व कार्यवाही का यह निर्णय लिया गया है पुलिस उपअधीक्षक और अलवर के वृत्ताधिकारी जगमोहन शर्मा को जिले से बाहर स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गये है

कल से शुरू हुआ ये फेस्टिवल आज और कल भी जारी रहेगा

गौरतलब है कि श्रीगंगानगर के सूरतगढ में मानव तस्करी विरोधी इकाई के एक दल द्वारा कई होटलों का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के दौरान चार होटलों पर बाल श्रमिक काम करते पाये गये थे होटल संचालक और अन्य संगठन के शिष्टमण्डल ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यह धारा लगाये जाने का विरोध किया है

पुलिस ने बताया कि मूनपुर कर्मला गांव में हरिया बास के पास वन क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा नील गाय की हत्या की इत्तिला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कारवाई की इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया

विभाग ने कहा कि पश्चिमी तट के साथ समुद्र में एक हल्के गर्त का निर्माण हुआ है जिसके वहां बने रहने की संभावना है और इन अनुकूल परिस्थितियों के मद्देनजर दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पहुंचने की संभावना है मौसम विभाग ने बताया कि इसके अलावा पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में मानसून के पहुंचने के अनुकूल परिस्थितियां बनने की उम्मीद है आमतौर पर मानसून एक जून को केरल पहुंचता है इस साल मानसून के आगमन में देरी हुई है

इस बीच पूरे राज्य में झुलसाने वाली गर्मी के दौर से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरे इलाके में गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है